बरेली जिले के मीरगंज विधानसभा के हुरहरी गांव में आज व्रहद किसान चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी एवं संतोष गंगवार ने किसानों को सरकार की नीतियों और नये संशोधित कृषि कानून के प्रति जागरूक किया इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार किसानों की हितैषी है और उनकी आमदनी दोगुना करने के लिए प्रयासरत है उन्होंने कहा कि विपक्षी दल नये कृषि कानून का द्रुष्प्रचार कर किसानों को बहका रहे हैं जबकि इससे किसानों को काफी फायदा होगा केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कृषि कानून से किसानों का शोषण नहीं होगा अगर किसी को भी कोई समस्या है तो वह व्यक्तिगत रूप से उनसे बात कर सकता है वहीं किसानों ने कहा कि चौपाल में उन्हें नये कृषि संसोधन कानून के बारे में काफी जानकारी मिली है इससे उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा चौपाल में कई बुजुर्ग किसानों को सम्मानित भी किया गया प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा है कि नये संशोधित कृषि कानून को लेकर विपक्षी दल किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं केन्द्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों का सर्वाधिक हित हुआ है आज कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही और सांसद मेनका गांधी ने सुल्तानपुर जिले के सुदूरवर्ती बरासिन गांव में कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया इस मौके पर आयोजित समारोह में कृषि मंत्री ने किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि यहां किसानों को आधुनिक खेती किये जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा और नये नये शोध की जानकारी उन्हें मिल सकेगी उन्होंने कहा कि इस केन्द्र के माध्यम से किसानों को पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे वह अपनी आय बढ़ा सकेंगे

सांसद मेनका गांधी ने कहा कि किसानों को परम्परागत खेती के साथ आधुनिक खेती भी करनी चाहिए जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस घटना की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने की सिफारिश की है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कड़ी सजा दिलाने के प्रति वचनबद्ध है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी ने कल हाथरस जाकर मृतका के परिवार से मुलाकात की श्री अवनीश अवस्थी ने परिवार को आश्वासन दिया कि सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी बाइट जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे एसआईटी की जांच चल रही है परिवारजनों ने एक एक चीज अपनी जो नोट हमको कराई है हमने उन्हें कहा है कि एसआईटी बैठकर जितना भी समय लगेगा परिवार की तरफ से जो भी बिन्दु आएंगे जो भी उनकी शिकायत भी होगी उसको एसआईटी नोट करेगा और एक एक चीज पर हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे

उन्होंने परिजनों को हरसंभव सहायता दिये जाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि इस मामले में जिला प्रशासन अभियुक्तों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई भी कर सकता है एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों एवं महिलाओं के प्रति अपराधों पर सख्त है और दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार कपड़ा क्षेत्र में कौशल विकास वित्तीय सहायता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर बल दे रही है प्रधानमंत्री ने कल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के वस्त्र परंपरा पर एक अंतराष्ट्रीय वेबिनार में कहा कि वैश्विक स्तर के उत्पाद के लिए वैश्विक तकनीक और प्रक्रिया अपनाई जा रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र हमारी परंपरा इतिहास और विविधता का परिचायक है उन्होंने कहा कि यह घरेलू स्तर पर रोजगार प्रदान करने वाला सबसे अच्छा क्षेत्र है

एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन जनपदों में कोरोना के ज्यादा मामले निकल रहे हैं वहां पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और यहां कंटेनमेंट जोन बनाकर कार्रवाई की जाए

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

कोविड संक्रमण से ठीक होने के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए फिरोजाबाद मं महिलाएं बापू का चरखा चलाकर स्वावलंबी हो रही हैं और अपना जीवन बदल रही ह एक रिपोट कॉच उद्योग नगरी फिरोजाबाद जिले के टूण्डला क्षेत्र गढी सिधारी की स्नेहलता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रभावित होकर अपने अति पिछड़े गॉव में बेरोजगारी दूर करके महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने का संकल्प लिया और खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से कारोबार शुरू करके गॉव की बुजुर्ग विधवा और बेसहारा महिलाओं को चरखा चलाना सिखाया

इन महिलाओं को विभाग द्वारा बीमा और स्वास्थ लाभ भी मिल रहा है आत्मनिर्भर बन चुकी महिलाओं का कहना है बाइट मेरा नाम शेष कुमारी है बहन जी ने चरखा का काम चलाया था उस काम की सुविघाओं से हमने बच्चे को पेट पालना भी किया था और बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी सिखाया और उन्होंने आवास भी दिया था मेरा नाम देवी है मैं सुधाईगढ़ी की रहने वाली हूं इस गांव में कुछ काम नहीं था तो बहन जी ने काम दिलाया हमारे पेट का गुजारा हो रहा है बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे उसी काम से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं इससे सुविधा मिली है कमरे भी रहने के लिए मिलते हैं और बीमा भी मिल रहा है मेरा नाम स्नेहलता है मैं शिखा खादी ग्रामोद्योग सेवा समिति की मंत्री हूं मैंने यहां पर देखा की लोगों को मेहनत मजदूरी करने बाहर जाना पड़ रहा था तो इसकी वजह से मैंने यहां पर फैक्ट्री काम काम कराया जो यहां सुचारू रूप से अच्छे से ये लोग लगन लगाकर कर रहे हैं खादी आयोग की तरफ से बीमा की सुविधा भी उपलब्ध कराई

सिविल सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा आज दो पालियों में सम्पन्न हुई